हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पंडित दीन दयाल उपाध्याय को श्रद्वांजलि अर्पित की केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि संविधान का उल्लंघन करने वाले सभी सोशल मीडिया प्लैटफार्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी

कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है याद रखना दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की द्री अभी भी जरूरी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान गरीबों किसानों श्रमिकों और मध्य वर्ग का भविष्य बनाने का माध्यम बन रहा है पंडित दीन दयाल उपाध्याय की पृण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के सम्बोधित करते हये श्री मोदी ने कहा कि आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बड़े बदलाव प्रत्येक नागरिक का जीवन सरल बनायेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत का वर्चस्व तेज़ी से बढ़ रहा है और प्रत्येक भारतीय को इस पर गर्व होगा उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति में राष्ट के लिए नीति बनाना सर्वोपरि है उन्होंने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय के आदर्श आज भी प्रांसगिक और सबके लिए प्ररेणास्त्रोत है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्र को प्राथमिकता देना है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश आत्मनिर्भर भारत के विचार से अवगत है

श्री मोदी ने पार्टी के सांसदों को आम लोगों से जुड़ने के लिए नमो एप्प् का इस्तेमाल करने को कहा उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी अपनाने से गरीबों और जरूतमंदो लोगों को उनकी धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है हर महीने भारत में चार लाख करोड़ रूपये से अधिक राशि का डिजिटल माध्यम से लेन देन हो रहा है इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय दृष्टिकोण से प्रेरित है उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण जनधन योजना आय्ष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सौभाग्य योजना और उज्जवला योजना से परिलक्षित होता है

वे एक अन्भवी राजनीतिज्ञ आयोजक और विचारक थे उप राष्ट्रपति एम वेकैया नायडू ने भी पंडित दिन दयाल उपाध्याय को याद करते हये कहा कि वे एक सच्चे मानवतावादी थे जो अंत्योदय में विश्वास रखते थे और उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किये

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय महान देशभक्त उच्चकोटि के चिंतक शिक्षाविद्व और साहित्याकार थे जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हीं के सिद्वातों पर चलते हये वे प्रदेश में अंत्योदय को साकार करने का काम कर रहे है और उनकी सरकार का उद्देश्य गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना है हरियाणा सार्वजकिन उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष सुभाष बराला ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय को याद करते हये कहा कि उनके दर्शन और विचारों को आज पूरा देश याद करता है वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय के विचार आज भी प्रांसगिक है और उनके विचारों को अपनाने की जरूरत है पलवल के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में भी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष प्ष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्वाजलि दी

भिवानी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हये श्रद्वाजलि अर्पित की इस अवसर पर बीजेपी नेता रीतिक वधवा स्नील चौहान एवं इमरान बापोडिया भी उपसिथत रहे उधर बल्लभगढ़ में भी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पंडित दीन दयाल उपाध्याय को उनकी प्ण्यतिथि पर श्रद्वांजंलि दी गई

हरियाणा के उपम्ख्यमंत्री श्री द्ष्यंत चौटाला ने कहा कि अब हरियाणा के सूक्षम लघ् और मध्यम उदयोगों दवारा तैयार उत्पादों को वैश्विक बाज़ार मिलेगा साथ ही राज्य के पारम्परिक हथकरघा उत्पाद तैयार करने वाले कारीगरों को भी अपने हनर की वाजिब कीमत मिलेगी उपमुख्यमंत्री ने हरियाणा के सुक्ष्म लघ् और मध्यम उदयम विभाग दवारा उनकी मौजूदगी में तीन ई कॉमर्स कंपनियों के साथ हुए समझौते के बाद यह बात कही इससे पूर्व उपम्ख्यमंत्री के कार्यालय में ई कॉमर्स के क्षेत्र में जानी मानी कंपनियों के साथ सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम के महानिदेशक श्री विकास ग्प्ता व कंपनियों के प्रतिनिधियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आज सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीन ई कॉमर्स कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर होने से प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के अलावा हूनरमंद कारीगरों को भी बढ़ावा मिलेगा

केन्द्रीय यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसर ने कहा है कि उन सोशल मीडिया प्लेटफार्म के खिलाफ संख्त कार्रवाई की जायेगी जो देश के कानून का उल्लघन करते पाये गये या फर्जी खबरें फैलाने और देश में हिंसा को उकसाने की कार्रवाई में लिप्त पाये गये आज लोकसभा में टवीटफेसब्क वाट्सएप्प और लिंकडइन का नाम लेते हये श्री प्रसाद ने कहा कि इनके देश में लाखों फालोअर है और लोग यहां व्यापार करने और धन कमाने के लिए स्वतंत्र है उन्होंने कहा कि इन प्लेटफार्म को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लघन करने की अन्मति नहीं दी जायेगी सोशाल मीडिया के दरूपयोग क बारे में राज्यसभा में पूछे गये एक सवाल में श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया ने आम लोगों को सशक्त किया है उन्होंने कहा कि यह डिजीटल इंडिया कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाते हे मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है लेकिन बदला व आपत्तिजनक सामग्री दिखाना बर्दाशत नहीं किया जायेगा हरियाणा रोडवेज अम्बाला के महा प्रबन्धक म्नीष सहगल ने कहा कि अंबाला में उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वालो यात्रियों की समस्या को ध्यान में रखते हए दिल्ली से लखनऊ की परमिट को अंबाला स्थानन्तरित करवाया गया है उन्होंने बताया कि मेरठ के लिए भी बस चलाई जा रही है

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक की ओर से सभी सरकारी विश्वविद्यालय के क्लपतियों व सरकारी महाविद्यालय के प्राचार्यो को यह निर्देश दिये गये है